मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें विधानसभा की सात सीटों पर हुए उप चुनाव में कल भारतीय जनता पार्टी ने छह सीटें जीत कर अपना कब्जा बरकरार रखा है वहीं समाजवादी पार्टी अपनी एक सीट को बचाने में कामयाब रही

उन्होंने समाजवादी पार्टी के ब्रहमा शंकर त्रिपाठी को पराजित किया

ट्रंडला सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर ने समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर को हराया

बुलन्दशहर सीट पर भाजपा की ऊषा सिरोही विजयी रही जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद युनूस को पराजित किया

इन्होंने समाजवादी पार्टी के जावेद अब्बास को पराजित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार तथा अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार और केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं ने पार्टी को लोगों के करीब पहुंचाया है उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा के उप चुनाव और बिहार विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत यह साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उठाये गये कदम ने देश में सुशासन और विकास के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है और जनता ने उसी विकास और सुशासन पर अपनी मोहर लगाई है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में सरकार के द्वारा लोगों के रोजगार को बचाने के लिये और गरीबों को आर्थिक सहायता देने के लिये जो कदम उठाये गये जनता ने उसी का जवाब पार्टी को अपना मत देकर दिया बाइट र्उप चुनाव कोरोना की वैश्विक चुनौती के तत्काल बाद हो रहा है स्वाभाविक है की कोरोना के संक्रमण ने लोगो की जिन्दगी में ठहराव ला दिया था लोगों के सामने चुनौतियां हो गयी थीं लेकिन ये परिणाम इस बात का घोतक है की उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी या केंद्र की सरकार में मोदी ने जो इस कोरोना के कार्यकाल में लोगो को गावों के एक एक व्यक्ति को मुफ्त राशन का वितरण हुआ लोगो के खाते में एक एक हजार रूपया गया आज उसका नतीजा है सरकार की उस कोरोना के संक्रमण की चुनौतियों में उठाये गए उपायों पे मोहर लगाने का काम किया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने कहा कि कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे

आगामी त्यौहारों और पर्वो को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि बाजारों आर सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाये

कोरोना से बचाव के लिये लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सोमावर्ती राज्यों से आने वाले लोगों की ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाये उन्होंने कहा कि राज्य में ई संजीवनी ऐप के माध्यम से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है इसलिये इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये मुख्यमंत्री ने दीपावली के बाद आरोग्य मेले के आयोजन की सभी तैयारियां करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि धान खरीद में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्वालुओं और विशेषकर कल्पवासियों और संतों के लिये उच्चस्तर की व्यवस्था करते हुए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये उन्होंने कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई समझौता न किया जाये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेले के दौरान कल्पवासियों के स्वास्थ्य के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है इसलिये स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का पूर्ण प्रबंधन सूनिश्चित किया जाये

राज्य में संक्रमण की दर घटने के बावजूद कोरोना टेस्ट की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है

उन्होंने बताया कि त्यौहारों के मद्देनजर राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये फोकस टेस्टिंग का दूसरा चरण चल रहा है जिसमें माल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में काम करने वाले सुरक्षाकर्मियों स्ट्रीट वेडर्स और रेहड़ी पटरी वालों की कोरोना जांच कराई जा रही है

इस समय संक्रमित मामलों में से केवल पांच दशमलव सात तीन प्रतिशत लोगों का इलाज चल रहा है

मुख्य सचिव राजेन्द्र क्मार तिवारी ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रूप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को नियत समय में पूरा किया जाये जिससे जनता को उनका लाभ मिल सके

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है तथा मेन कैरियेज वे अगले वर्ष जनवरी माह तक चालू हो जायेगा

इन तीनों विभागों ने नोटिस के बाद भी धूल पर नियंत्रण नहीं किया प्रद्शण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन प्रकाश यादव ने बताया कि इन संस्थाओं को धूल नियंत्रण के लिये लगातार नोटिस भेजे जा रहे थे लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया शामली जनपद में रिश्वत लेने के मामले में बिजिलेंस की टीम ने एक खंड शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया है इस अधिकारी पर स्कूलों के बच्चों के लिये ड्रेस सिलने वाले कांट्रैक्टर से पचास हजार रूपये की रिश्वत मांगने का आरोप है बिजिलेंस टीम ने घेराबंदी कर अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ कर हिरासत में ले लिया